हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ग्र्जर ने कहा कि कृषि कानूनों में अन्बंध खेती की कोई बाध्यता नहीं है हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने पंचक्ला में शिवालिक बोर्ड द्वारा आयोजित साइकिल रैली को रवाना किया

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की द्री अभी भी जरूरी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज कहा कि सरकार करदाताओं पर भरोसा करती है इसलिए स्विधा मुहैया करवाने के रूप में काम कर रही है

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड उपकर के माध्यम से आम जनता पर ओर बोझ नहीं डालना चाहते उन्होंने इस कोविड उपकर के बारे में गलत मीडिया खबरों को नकारते हये कहा कि से सिर्फ अफवाह है और क्छ नहीं वित्त मंत्री ने कहा कि क्छ विकसित अर्थव्यवसथायें भी है जो संघर्ष कर रही है लेकिन भारत ने इस संघर्ष में भी अपना रास्ता बनाया है जिसके लिए वे देश के नागरिकों का आभार व्यक्त करती है केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण की गति को तेज़ी से बढ़ाने के लिए कहा है राज्यों के सचिवों और स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक के साथ एक समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य टीकाकरण में तेज़ी लाले को कहा उन्होंने कहा कि प्रत्येक टीकाकरण सत्र के दौरान औसत टीकाकरण की संख्या में स्धार की पर्याप्त् ग्जांइश है राज्य स्वास्थ्य सचिवो को दैनिक औसत टीककारण की संख्या में भिन्नता का विशलेषण करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया

उन्हें जहां की भी संभव हो स्वास्थ्य स्विधा के लिए एक साथ टीकाकरण सत्र आयोजित करने के लिए कहा गया

वहीं महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को ऋण वितरित किया गया ताकि वो आगे बढ़ सके

इस पार्क का नाम बाबा साहिब डा भीम राव अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है इस अवसर पर म्ख्यमंत्री ने उपस्थित नागरिकों को सम्बोधित करते हये कहा कि यहां के निवासियों की एक प्रानी मांग पूरी हई है और जहां एक समय में गंदगी रहती थी वहां आज खूबसूरत पार्क बनने से लोगों को बड़ी राहत मिली है अब नागरिक इस पार्क में सैर सपाटा व घूमकर सुकून पा सकेंगे अपने सम्बोध्न में म्ख्यमंत्री ने नशे जैसी ब्राई को समाज से दूर रखने का संदेश दिया

महापौर श्रीमती रेन् बाला ग्प्ता ने म्ख्यमंत्री की ओर से करनाल के लोगों को दी गई विकास सौगातों के लिए उनका धन्यवाद किया और कहा कि म्ख्यमंत्री के नेतृत्व में करनाल निरंतर आगे बढ़ रहा है

सिरसा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद चीन से बड़ी संख्या में उद्योग पलायन कर रहे है ऐसे में चीन नहीं चाहता कि भारत में उद्योग स्थापित हो श्री गूर्जर ने कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों इस आंदोलन में शामिल हो रही है उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन सीधे रूप में किसानों के खिलाफ है उन्होंने कहा कि चाहे अदानी हो या अंबानी किसी की ताकत नहीं कि वह हिन्द्रस्तान के किसानों की ज़मीनों पर कब्जा कर सके निरतंर चले आ रहे किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री कहा कि लोकतंत्र मे केवल संवाद से ही प्रत्येक समस्या का समाधान हो सकता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा आज फरीदाबाद जिला कार्यालयपर बुद्विजीवी सम्समेलन आयोजित किया गया जिसमें फरीदाबाद जिले के डाक्टर उद्योगपति चार्टर्ड अकाउटंटे शिक्षण गण आदि सभी ब्द्विजीवी वर्ग के लोगों ने भाग लिया

हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद ग्र्प्ता ने पंचकूला में शिवालिक बोर्ड द्वारा आयोजित साइकिल रैली को रवाना किया उन्होंने कहाकि इस रैली के दूरगामी परिणाम देख्ने को मिलेंगे और जल्द ही इस क्षेत्र में लोगों के लिए पर्यटन के सुनहेरे अवसर पैदा होंगे

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि मोरनी को शिमला की तर्ज पर बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाने के लिए इस सप्ताह कैंपिंग ऑफ रोड कार रैली साइकिल रेस माउटेन बाईकिंग ट्रैक्स रोड ट्रैकिंग विजिट टू हर्बल वाटि जैसी गतिविधियां की जायेगी इसके अलावा बी एस एफ के सहयोग से पैरागलाईडिंग के टेटस फलाईट होंगे जिनका पिंजौर में ड्रोप आउट होगा हरियाणा के परिवहन एवं खनन मंत्री मूल चंद शर्मा ने जल जीवन मिशन को लेकर फरीदाबाद में एक बैठक का आयोजन किया बैठक में जल जीवन मिशन के उप मंडल अभियंता श्री अजय क्मार जिंदल एवं जिला सलाहकार श्री सत्यानारायण नेहरा ने मंत्री मूल चंद शर्मा को जल जीवन मिशन के बारे में जानकारी दी उन्हें विभाग द्वारा गांव स्तर पर बांटी जा रही एफटीके को लेकर भी विस्तार पूर्वक बताया गया बैठक के बाद मंत्री ने जल जीवन मिशन पर आधारित एक फीडबैंग फार्म भी भरवाया गया एवं जल जीवन मिशन पर आधारित एक पत्रिका भी भैंट की गई

वे आज हिसार में उकलाना हलके से गणमान्य लोगों के साथ विभिन्न विकास कार्यो को लेकर चर्चा कर रहे थे उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के निर्णय के अन्रूप उकलाना हलके के पांच सड़को को चौड़ाकरण व सुंदरीकरण करेन के लिए मंजूरी दी गई है

राज्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में उकलाना हलके में करोड़ों रूपये की राशि के विकास कार्यो पर कार्य जारी है और आने वाले समय में अनेक नई परियोजनाओं पर भी कार्य आरंभ होगा